उधर झुंझुनू के सांसद नरेन्द्र कुमार खीचड़ ने कल जिले के जसरापुर गांव में आयोजित जन जागरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया श्री खीचड़ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही है

इससे पहले कल नामांकन भरने का काम पूरा हो गया उम्मीदवार आज दोपहर तीन बजे तक नाम वापिस ले सकेंगे

इस बीच दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया इस चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे

उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से इस बारे में दायर एसएलपी खारिज होने के बाद यह निर्णय लिया गया है उच्च न्यायालय में मिलापचंद डण्डिया की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल एमएस सिंघवी ने ये जानकारी दी

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

इन्हें यूट्यूब पर अपने व्याख्यान अपलोड करने के लिए कॉलेज प्रशासन आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा इसके साथ ही इन रिकॉर्डिंग्स को निदेशालय अपनी ई लाइब्रेरी में भी शामिल करेगा ताकि कोई भी विद्यार्थी इन्हें सुनकर विषय से संबंधित अपनी समस्याओं को दूर कर सके

उन्होंने फेस्टिवल में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों की जानकारी दी

गौरतलब है कि इसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के विज्ञान मॉडल प्रदर्शित किये जाते है